मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

संक्रमित लोगों का पता लगाने और जांच बढाने की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत कोविड के साथ मजबूती से लड रहा है उन्होंने देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्च्अल बैठक के दौरान यह बात कही प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वस्थ होने की अच्छी दर क मद्देनजर बहुत से लोग सोचने लगे हैं कि वायरस कमजोर हो गया है श्री मोदी ने सतर्क किया कि इस तरह की सोच से असावधानो बढती है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

ऑक्सीजन और वेंटीलेटर की उपलब्धता पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं

सभी राज्यों की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड से स्वस्थ होने की दर और मृत्युदर के मामले में भारत अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने नागरिकों को जो भी वैक्सीन देगा वह सभी वैज्ञानिक मानकों के आधार पर सूरक्षित होगी उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ सामूहिक समन्वय में वैक्सीन वितरण की कार्यनीति तैयार की जाएगी श्री मोदी ने सलाह दी कि राज्यों को शोत भंडारण सुविधाओं पर भी काम शुरू कर देना चाहिए दिल्ली राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र छत्तीसगढ पश्चिम बंगाल हरियाणा उत्तराखंड आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री वर्चुअल बैठक में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन कैबिनेट सचिव राजीव गौबा स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और नीति आयोग के सदस्य डॉ वी के पॉल भी इस उच्चस्तरीय कोविड समीक्षा बैठक में उपस्थित थे इससे पहले प्रधानमंत्री ने वैक्सीन तैयार करने और उसे जनता को उपलब्ध कराने के लिए भारत की कार्यनीति के बारे में शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि किसानों को अपनी उपज बेचने में धान क्रय केन्द्रों पर कोई असुविधा न हो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को धान क्रय प्रक्रिया के गहन मॉनीटरिंग तथा क्रय केन्द्रों का आवश्यक निरीक्षण करने के निर्देश दिय मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक मीटिंग के दौरान उच्च अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जनता को आलू और प्याज सहित अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध हो उन्होंने जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये

दूसर चरण में पंचकोसी परिक्रमा कल प्रातःकाल प्रारंभ होगा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

केन्द्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने सभी के लिए आसानी से कोविड जांच सुनिश्चित करने के लिए जांच के आवश्यक बुनियादी ढांचे में बढोतरी की है केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार दिल्ली में कोविड संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिये कृत संकल्प है

इसे स्पाइस हेल्थ और आईसीएमआर ने संयुक्त रूप से विकसित किया है कोविड जांच के लिये परिषद की ऐसी और प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना है जिनसे कोविड संक्रमण जांच की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी

गुरु तेग बहादुर की शहादत हर साल शहीदी दिवस के रूप में याद की जाती है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है ट्वीट संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने जनता की आस्था विश्वास और अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था इसलिए सभी नागरिक उन्हें प्यार और सम्मान के साथ हिंद दी चादर कहते हैं राष्ट्रपति ने कहा कि उनका बलिदान हम सभी को एकजुट होकर मानवता की सच्ची सेवा के लिए प्रेरित करता है आकाशवाणी केन्द्र नजीबाबाद के पूर्व निदेशक एवं लखनऊ कानपुर सहित विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों पर सेवारत रहे सतीश चन्द्र माथुर का कल कानपुर में निधन हो गया वे छिहत्तर वर्ष के थे

इस उपलब्धि पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को बधाई दी है

उन्होंने इसे शुभ संकेत बताते हुए अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की है टाइगर रिजर्व के उप निदेशक नवीन खंडेलवाल ने इस उपलब्धि पर अपने सहयोगी स्टाफ और स्थानीय जनता को बधाई दी है